बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने पर भी दिया जोर

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों को तत्काल सहायता राशि पहुंचाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को राशि वितरित करने में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी रूद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में किये जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए उन्होंने भविष्य की जरूरतों और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटद्वार रोडवेज डिपो और जीएमयू के बस डिपों को एक ही स्थान पर संचालित करने की संभावनाओं पर विचार करने को भी कहा समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने लैन्सडौन में कूड़ा निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने को भी कहा पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और सौन्दर्यीकरण का विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर देते हुए श्री रावत ने पर्यटन क्षेत्रों में पाईपलाइन अंडरग्राउण्ड करने के निर्देश दिए चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करने और शिक्षको की कमी को पूरा करने के लिए डिजिटल स्मार्ट क्लासेज और के यान डिवाइस का प्रयोग करने को कहा यमकेश्वर क्षेत्र की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने नीलकंठ में कावंड़ मेले के कुशल प्रबंधन और आयोजन के लिए धनराशि आवंटित करने के भी निर्देश दिए

इसके अलावा यात्रा पूरी करने के बाद गुंजी से लौटने का इंतजार कर रहे पांचवें और छठे जत्थे के यात्रियों को पिथौरागढ पहुंचा दिया गया है

वहीं यात्रा का नौवां जत्था चौकरी से पिथौरागढ पहुंच गया है और उसे कल गुंजी पहुंचाया जायेगा यात्रा के दो अन्य दल अल्मोडा और भीमताल में रूक हुए हैं और केएमवीएन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जबतक पिछले दल अपनी यात्रा पर आगे नहीं बढ़ जाते तब तक नए जत्थों को तीर्थयात्रा के लिए आगे न भेजा जाए गौरतलब है कि चियालेख घाटी से आगे घने बादल छाए रहने के कारण दृश्यता में दिक्कत हो रही थी जिस कारण यात्रियों को विमान से जाने में मुश्किल हो रही थी मौसम आने वाले दिनों में भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है इधर पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण राज्य के कई मोटर मार्ग और ग्रामीण इलाकों के संपर्क मार्ग यातायात के लिए बाधित हैं इस बीच आज प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला राज्य के कुछ हिस्सों में जहां मौसम साफ बना रहा वहीं कुछ हिस्सों में बारिश हुई चमोली और अल्मोड़ा से दोपहर बाद बारिश होने के समाचार मिले हैं मार्ग बाधित रुद्वप्रयाग जिले में केदारनाथ राजमार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण यातायात अवरूद्व हो रहा है वहीं पिथौरागढ सोबला सेला तेदांग सड़क पर ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करते हुए आवाजाही करनी पड़ रही है इस सड़क से होकर लोग धारचुला बजार पहुंचते हैं खासकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उधर इस मामले में जिलाधिकारी वंदना ने नोटिस जारी किया है

इस सड़क पर यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी उधर उत्तरकाशी जिले में ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग ओजरी डाबरकोट इलाके में मलबा आने से अवरुद्ध है जिला प्रशासन द्वारा मार्ग को खोलने के प्रयास जारी हैं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार यमुनोत्री धाम जाने वाले तीर्थयात्री त्रिखली कुलशाला शयानाचट्टी वैकल्पिक पैदल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क द्र्घटना के लिए दोषी पाए जाने वालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी

वाहनों की फिटनेस सार्टिफिकेट केवल विशेषज्ञों को ही देने पर जोर देते हुए श्री सिंह ने सार्वजनिक बसों नें जीपीएस लगाने को भी कहा अनियमितता पिथौरागढ़ में ग्राम पंचायतों में लगाई जाने वाली लाइटों की खरीद में अनियमितता सामने आने पर पंचायतत राज मंत्री अरविन्द पाण्डे ने इस प्रकरण की जांच करने को कहा है उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर इस मामले की जांच कर दोषियों के विरूद्व कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री होने के नाते उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वे अपने विभाग में हुई गड़बड़ी की जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई करें वहीं आज विकास भवन में जिला प्लान का बजट भी स्वीकृत हुआ

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चंपावत जिले के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जिले में लोगों को योजना का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है

बरसात में आये दिन छत टपकने का डर लग रहता था

अब उनका परिवार ख्श है पुष्पा देवी के पड़ोसी का कहना है कि जब वे झोपड़ी में रहती थीं तब आए दिन छत टपकने से घर के अंदर पानी ही पानी हो जाता था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण अब उन्हें पक्की छत मिल चुकी है इसमें दो कमरों के अलावा किचन व शौचालय भी है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की आवास योजना गरीब व निर्धन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है संदेश मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन का उनकी पुण्य तिथि पर भाव पूर्ण स्मरण किया है अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्य तिथि की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन संघर्ष और बलिदान के प्रतिमूर्ति देश के महान सप्रत थे उन्होंने कहा कि श्रीदेव सुमन द्वारा जनक्रांति का नेतृत्व आज भी सभी के लिए प्रेरणादायक है